भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोगों के चौकीदार ने पाकिस्तान में जा रहे नदियों के पानी की हर एक बूंद किसानों तक पहंचाने का सकल्प किया है जिसके लिये अनेक परियोजनाओं का काम भी श्रू हो च्का है प्रधानमंत्री आज क्रूक्षेत्र में पार्टी की विजय संकल्प रैली को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि परियोजना से हरियाणा सहित देश के अन्य भागों को में पानी उपलब्ध होगा प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल एक परिवार की चिंता में डूबी रहती है कभी देश के लिये गंभीरत नहीं दिखाती प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को परम्परा को बदनाम करने का अभियान चला रखा है उन्होंने कहा कि जब भी देश की संस्कृति की कोई बात उठती है तो कांग्रेस वोट बैंक के लिये च्प्पी साध लेती है उन्होंने कहा कि ये लोग भगवान का नाम लेने पर जेल भेजने की मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ मंच सांझा करते है

प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और समृद भारत मोदी ने नहीं बताया बल्कि लोगों की दी गई एक एक वोट ने बनाया है उन्होंने कहा कि आप लोगों के वोट ने ही देश के लोगों तक जरूरी सुविधायें पहंचाने का काम किया है

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांगेस ने हिंदू आंतकवाद का झूठ गढ़ कर निर्दोष लोगों को सालों तक जेल में बंद रखा और असली आंतकवादियों के बचने का रास्ता खोल दिया उन्होंने कहा कि देश को कथित तौर पर बदनाम करने वाली कांग्रेस पार्टी को देश कभी माफ नहीं करेगा उन्होंने कहा कि वो भारत को सूपर पावर बनाने का सपना रखते है

लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ऐसे में समय मे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़े और उनके लिये नोवल प्रस्कार तक की मांग कर डाली रिहाई की कूटनीतिक जीत बताते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का गौरव स्थापित करने वालों को गालियां देते है और भारत की कृशलता का श्रेय पाकिस्तान को देते है हरियाणा मे बिताये अपने दिनो की याद को ताज़ा करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हरियाणा को अपना दूसरा घर समझते है इसलिये उनके साथ सारी बाते सांझा कर रहे है उन्होंने अबतक कांग्रेस दवारा उनके लिये प्रयोग किये अपशब्दों का जिक्र भी किया अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हये उन्होंने कहा कि उनके विरोधी इसलिये नाराज़ है क्योकि वे उनको मनमानी व श्रष्टाचार नहीं करते देते और वंश्वाद को च्नौती देते है प्रधानमंत्री ने योजनाओ के माध्यम से किसानों के विकास छोटे द्कानदारों के लिये पेंशन व्यापारियों के लिये राष्ट्रीय आयोग बनाने का वादा भी किया इस रैली प्रधानमंत्री ने कुरूक्षेत्र से उममीदवार नायब सिंह सैनी अम्बाला से उम्मीदवार रतन लाल कटारिया और करनाल से उम्मीदवार संजय भाटिया के लिये वोट मांगे ताकि उन्हें बार फिर से देश सेवा का मौका मिले प्रधानमंत्री ने इससे पहले स्बह फतेहबाद में भी एक रैली को सम्बोधित किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की तहत उनके कार्यक्रमों को सफल बनाया है उन्होंने लोगों से फिर सहयोग की अपील की ताकि देश के द्श्मनों को खत्म किया जा सके

प्रधानमंत्री ने कहा कि नये भारत की रक्षा नीति पर कांग्रेस च्प है और कोई भी राष्ट्र रक्षा नीति को मजबूत किये बिना विश्व शक्ति नहीं बन सकता उन्होंने कांग्रेस की आंतकवाद पर रोक लगाने वाले कानून खत्म करने की सोच के लिये आलोचना करते हये आरोप लगाया कि वह देश के ट्कड़े ट्कड़े करने वालो और नक्सलवादियों के समर्थकों का छूट देने की बात कर रही है उन्होंने कहा कि देश भर पर मर मिटने वाले जवानों का यह मंजूर नहीं है प्रधांनमंत्री ने हरियाणा सरकार का आहवान किया कि जिन परिवारों से जवान शहीद हये है उनके स्मारक बनाये जाये और वहां जाकर सभी उनका सम्मान करे प्रधानमंत्री ने हिसार सिरसा के बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते हये कहा कहा कि अगर आज़ादी के समय कांग्रेस ने थोड़ा प्रयास किया होता तो आज करतार प्र साहिब भारत में होता उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिये प्रयास किया और आज करतार गलियारा बनने जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैने न्याय दिलाने का वादा किया था जो आज पूरा हो रहा है

उन्होंने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका को भी बंद करने की मांग की श्री गांधी ने रफाल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी तीन पृष्ठों के नये हलफनामें में राहल गांधी ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय का सर्वाधिक सम्मान और आदर करते है और उन्होंने कभी भी क्छ भी ऐसा नहीं करना चाहा जिससे न्याय की प्रक्रिया में दखलअदाज़ी हो मीनाक्षी लेखी ने राहल गांधी पर आरोप लगाया कि राहल गांधी ने शीर्ष अदालत के नाम पर निजी टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के पार्टी के प्रत्याशी धर्मबीर सिंह के सर्मथन मे विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्बारा बनने पर राष्ट्र द्रोह के कानून को पहले से सख्त बनाया जायेगा

उन्होंने पांच सालों के दौरान केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हये कहा कि केन्द्र ने हर वर्ग का ख्याल रखा है और पांच साल में जरूरतमंदों के लिये एक करोड़ तीस लाख मकान बनवाये है

रैली को केन्द्रीय राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा व विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं ने भी सम्बोधित किया ग़हमंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग़्रूग़ाम में भी पार्टी के उम्मीदवार राव इन्द्रजीत राव के पक्ष मे एक रैली को सम्बोधित किया अपने सम्बोध्न में उन्होंने कहा कि राव इन्द्रजीत की उनकी तरह जनता की आंखों में ध्रल झोंक कर राजनीति नहीं करते उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हये कहा कि पूर्व सरकार और उनकी सरकार के कार्यालय में क्या फर्क है

उन्होंने रैली में राष्ट्रीय सुरक्षा का म्ददा भी उठाया और कहा कि भारत ने साफ कर दिया है कि किसी को छेड़ा नहीं जायेगा अगर उन्हें कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जायेगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने आज करनाल लोकसभा हलके के पावटी डिकाडल आटा हथवाला सहित कई गांवों में रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी क्लदीप शर्मा के लिये वोट मांगे